मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था का निबंधन रद्द कर दिया गया है और उसके बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया गया है मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है इस बीच समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के तीन मोबाईल नम्बरों का कॉल डीटेल रिकॉर्ड सीडीआर की जांच की है सीडीआर की रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य उजागर हुआ है कि जनवरी से मई के बीच समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा पति चंदेश्वर वर्मा और ब्रजेश ठाकुर के बीच सत्रह बार बातचीत हुई है मंत्री के पति ने ब्रजेश ठाकुर के साथ कई बार दिल्ली की यात्रा भी की सीबीआई का मामना है कि ब्रजेश के मोबाईल की जांच से कई अन्य तथ्यों का खुलासा होगा उधर समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने माना है कि उनके पति और ब्रजेश ठाकुर के बीच कई बार बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि विभाग ने ब्रजेश ठाक्र को काम दिया था इसलिए बातचीत होती थी कई बार मेरे नहीं होने की स्थिति में पति भी बात कर लिया करते थे इस बीच सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर के ड्राइवर राजू ने स्वीकार किया है कि मंजू वर्मा के पति का ब्रजेश ठाकुर से अकसर मिलना जुलना होता था इधर राजू को यह निर्देश दिया गया है कि वो बिना अनुमति मुजफ्फरपुर से बाहर नहीं जाए और उसे किसी भी समय फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है बोधगया के कालचक्र मैदान के पास बम बलास्ट का मास्टरमाइंड मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को बेंगरूलु के पास से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है इसी साल उन्नीस जनवरी को बोधगया में बम बलास्ट हुआ था जिसमें उसकी संल्पितता उजागर हुई है गिरफ्तारी के बाद उसे बेंगलुरू स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट ने उसे पांच दिन के ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया है एनआईए अब उसे पटना के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश करेगी प्रदेश में संविदा पर कार्यरत बारह लाख से अधिक कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी संविदा कर्मियों के नियमितिकरण के लिए दो हजार पन्द्रह में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है इस समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी को बनाये गये थे समिति की रिपोर्ट के अनुसार संविदा कर्मियों के साथ राज्य सरकार स्थाई समझौता करेगी संविदा कर्मियों की नौकरी साठ साल तक चलती रहेगी रिपोर्ट के अनुसार संविदा कर्मियों को मेडिकल सुविधा के साथ यात्रा और आवास भत्ता भी दिया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है राज्य मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खरीदे जाने वाले वाहनों की एक्स शोरूम कीमत पर बारह प्रतिशत तक कर लगाने का निर्णय लिया है कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम उन्नीस सौ चौरानवे बिहार वित्त अधिनियम की अलग अलग धाराओं और उसकी अनुसूचियों के तहत वाहनों की एक्स शोरूम कीमत पर करारोपण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक और विधान पार्षदों की अनुशंसा से करायी जाने वाली विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त तीन अरब अठारह करोड़ रुपये की मंजूरी दी है बैठक में कुल पच्चीस प्रस्तावों को मंजूर किया गया है राज्य के सीमावर्ती सात जिलों के सभी एक सौ दस प्रखंडों के एक एक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जायेगा केन्द्रीय गृह मंत्रलाय के साथ राज्य सरकार की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया इन गांवों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ रोजगार के अवसर भी विकसित किये जायेंगे ये कार्य कोन्द्र सरकार द्वारा संचालित सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के तहत किये जायेंगे इन कार्यो की ऑनलाइन मॉनीटरिंग केन्द्रीय गृह मंत्रालय करेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के सौ गांवों में क्लाइमेट स्मार्ट कृषि की शुरूआत की जायेगी उन्होंने पटना में कहा कि सरकार ने बदलते मौसम और परिवेश को देखते हुये यह निर्णय लिया है इस योजना पर तेईस करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे श्री कुमार ने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में नए नए उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है जिस से पैदावार भी बढ़ रही है उधर राज्य के नौ जिलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से सहजन के पेड़ लगाये जायेंगे तमिलनाड् के पूर्व मूख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करूणानिधि का कल लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया राज्य सरकार ने आज और कल दो दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी बागमती गंडक और प्रनपुन नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर है कोसी बराज से एक लाख छियानवे हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सुपौल जिले में तटबंधों के बीच बसे साठ गांवों के घरों में बाढ़ का पानी घूस गया है वहीं बागमती नदी बेनीबाद में गंडक ड्मरिया घाट में और पुनपुन श्रीपालपुर में खतरे के निशान को पार कर गयी है गंगा नदी का जलस्तर कहलगांव हाथीदह और गांधी घाट में लाल निशान के आसपास बना हुआ है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के पुर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है पटना के पाटलिपूत्रा स्पोट्स कॉम्पलेक्स में खेले जा रहे कबड़डी सीरिज के द्रसरे मुकाबले में बिहार ने नेपाल को छत्तीस तैंतीस से हरा दिया इस जीत के साथ ही दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर आ गयी है सीरिज का तीसरा और अंतिम मुकाबला ग्यारह अगस्त को खेला जायेगा तीसवीं अम्बेडकर अंतर स्कूल कैरम प्रतियोगिता आज से पटना में शुरू हो रही है इस प्रतियोगिता में राज्यभर के तीन सौ खिलाड़ी भाग लेंगे पश्चिम चम्पारण जिले की पुलिस ने चोरी की अड़तीस मोटरसाइकिल और चार वाहन के साथ पांच लूटेरो को गिरफ्तार किया है पटना जंक्शन के पास से पुलिस ने चार लाख रुपये के जाली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बरामद नोट दो दो हजार रुपये के हैं जिसे चार पैकेटों में रखा गया था भोजपुर जिले के आरा नगर थाना क्षेत्र में हुई गोलाबारी में दो व्यक्ति घायल हो गये है पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अपनी सुर्खी बनाते हुये शीर्षक लगाया है बिना जांचे एनजीओ को फंड क्यों अखबार ने इससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी प्रकाशित किया है इस अखबार ने एक अन्य खबर का शीर्षक लगाया है हस्तकरघा उत्पादों पर भी मिलेगा अनुदान दैनिक जागरण ने संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों से जुड़ी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौपे जाने से संबंधित खबर का शीर्षक लगाया है अब संविदा कर्मियों के बहुरेंगे दिन प्रभात खबर ने कैबिनेट के निर्णयों को प्रमुखता दी है अखबार ने लिखा है गाड़ियां खरीदना महंगा पांच प्रतिशत तक बढ़ा रोड टैक्स दैनिक भास्कर ने बोधगया बम बलास्ट के मास्टमाइंड के बेंगलुरू से गिरफ्तार होने की खबर को सुर्खी बनाया है